मुख्यमंत्री आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश नशानिवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशीली दवाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए पुलिस मीडिया और नशानिवारण बोर्ड के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना जरूरी है उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के दुरूपयोग से अपराध दर में वृद्धि होती है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ड्रग की समस्या से निपटने के लिए कृत संकल्प है क्योंकि यह राज्य और देश में गंभीर सामाजिक समस्या है मेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार शिमला में रविवार के दिन भोजन व खाद्य सामग्री की दुकानें रेस्तरां ढाबे और कैफे खुल रखने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी मुख्यमंत्री ने ये आसवासन उनसे मिलने आए शिमला होटल व रेस्तरां संघ के एक प्रतिनिधि मंडल को दिया इस प्रतिनिधि मंडल ने संजय सूद के नेतृत्व में शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टीजनों कहा है कि ये इस बात को सुनिश्चित करें की पंचायत व स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी का मत विभाजन न हो इसके लिए पार्टी को पूरे तालमेल के साथ काम करना होगा और एक पद के लिए पार्टी विचारधारा का एक ही व्यक्ति चुनाव मैदान में उतारना होगा राठौर आज पार्टी की ऊना और कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे

तीनों मृतकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया घायलों में से आठ को टाँणी देवी सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है जबकि एक घायल को उपचार के लिए हमीरपुर अस्पताल भेजा गया है दुर्घटना के शिकार सभी लोग मजदूर थे और दुर्घटना के समय काम पर जा रहे थे डीसी हमीरपुर उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर देव शवेता बनिक ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम बी डीओ और तहसीलदारों के साथ बैठक कर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन करवाने के लिए सभी एडीएम को पंचायत स्तर पर सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियां करने के निर्देश दिए

डीसी लाहौल लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने किसमस और नये वर्ष की पूर्व संध्या के मौके पर लाहौल घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद को देखते हुए अटल टनल रोहतांग के नोर्थ पोर्टल से सिस्सु तक सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है उपायुक्त पंकज राय ने आज पर्यटन एवं स्वच्छता निगरानी के लिए गठित कोर कमेटी के साथ नोर्थ पोर्टल का दौरा किया इस दौरे के बाद पार्किंग के नये आदेश जारी किए है उपायुक्त ने कहा कि यदि पर्यटक नोर्थ पोर्टल और सिस्सु के बीच रूकना चाहते हैं तो भी उन्हें अपनी गाड़ी सिस्सु में ही पार्क करनी होगी